प्रधानमंत्री ने कहा त्यौहारों पर लगने वाले मेलों के दौरान जल संरक्षण का संदेश व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिये अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर विद्यार्थियों के लिए जल्द ही क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होगा विद्यार्थियों को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केन्द्र जाने का मौका मिलेगा

श्री मोदी ने मुंशी प्रेमचन्द की किताब नशा का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों को इस किताब को पढ़ने का आग्रह किया था जिसके बाद विभिन्न लोगों ने कई किताबों के बारे में भी अपने विचार साझा किए इसलिए ब्र्क्स कॉर्नर बनाने का उपाय उनके मन में आया कार्यक्रम में श्री मोदी ने जल संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे है

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता ने सरकार के साथ सीधा संवाद किया अधिकारियो ने लगभग एक हफ्ते तक विभिन्न पंचायतों में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी श्री मोदी ने अमरनाथ और केदारनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्वाल यहां पहुंचे है

उन्होंने आज प्रणे में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि अब ये हर महीने का त्यौहार बन गया है ये दिल की बात है ये घर की बात है और इसमें इन्होंने किताबें पढ़ने के बारे में जल संरक्षण के बारे में जल संचय जल सिंचन जल की बचत एक बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया

आगामी सात अगस्त को नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टर दिनेश यादव को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा किये गये कई नवाचारों की वजह से यह संभव हआ है

यात्रा की शुरूआत एक अगस्त से हो रही है सात दिन की यात्रा के लिये पहला दल नाथद्वारा से रवाना होकर अजमेर जयपुर भरतपुर मथुरा दिल्ली और अलवर का दौरा करेगा दूसरा दल नाथद्वारा से माउण्ट आबू अम्बाजी अहमदाबाद बडोदरा सूरत नासिक शिरडी औरंगाबाद उज्जैन बांसवाड़ा और उदयप्र का दौरा करेगा

अब तक असामान्य वर्षा वाले सीकर और झूंझुनू जिलों में तीन दिन बाद भारी वर्षा का दौर थमा है लेकिन ख्रशी की बात यह है कि कम वर्षा वाले जिलों में भी अब बरसात शुरू हो गई है पाली में पानी की कमी के कारण पिछले कई दिनों से टैंकरों से प्यास बुझाई जा रही थी पर आज वहॉ भी अच्छी वर्षा हो रही है

राजसमन्द में आज रिमझिम वर्षा का दौर जारी है टोंक में सुबह से ब्रंदा बांदी हो रही थी लेकिन दोपहर बाद अचानक काली घटा छा गई और तेज वर्षा शुरू हो गई

आज जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिये गये इनमें राजसमन्द जिले के खमनोर थाना प्रभारी सुनील शर्मा को भी शामिल किया गया है जिन्होने बिछीवाड़ा में थानाधिकारी रहते हुये अवैध शराब और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की थी

वहीं शहर गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई उदयपुर में जिला स्तरीय स्काउट गाइड खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू हुई

अजमेर के पुष्कर सरोवर में डूबने से आज एक कांवड़िये सहित दो युवकों की मौत हो गई

अजमेर जिले के मांगलियावास में सवा सौ साल से ज्यादा पुराने कल्पवृक्ष जोड़े के स्थान पर विकास कार्य शुरू किये गये हैं

अलवर जिले के बड़ौदा मेव क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है

धौलपुर जिले मे महिला अत्याचार को रोकने के लिये जिला प्रशासन ने नई पहल की है

इस नंबर पर महिलायें अपनी शिकायत मैसेज के जरिये भेज सकती हैं

बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और रेडक्रोस सोसायटी बीकानेर की ओर से विश्व हैपेटाइटिस दिवस के अवसर पर एक दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया